उन्होंने टाउन हॉल के प्रत्येक कमरे का अवलोकन कर पार्षदों से इस भवन का उचित उपयोग करने को लेकर विचार विमर्श किया मुख्यमंत्री ने रिज मैदान के समीप धंस रहे स्थल का भी निरीक्षण किया और इसके जल्द सुधार के निर्देश दिए इस बीच नगर निगम शिमला के पार्षदों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने महापौर कुसुम सदरेट की अध्यक्षता में ओक ओवर में मुख्यमंत्री से भेंट की प्रतिनिधिमण्डल ने टाउन हॉल भवन के जीर्णोद्वार के बाद इसे नगर निगम को देने के लिए आभार जताया जीएसटी जीएसटी नेटवर्क ने नए व्यापारियों के लिए अगले वर्ष जनवरी से आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है इसका उद्देश्य वस्तु और सेवाकर में गड़बड़ियों को रोकना है भारद्वाज सिरमौर ज़िले में पांवटा क्षेत्र के नघेता में राजकीय विद्यालय के अतिरिक्त भवन की शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज आधारशिला रखी

सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सरकार नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी व प्राइमरी स्कूल को एक ही स्थान पर चलाने को लेकर विचार कर रही है सैजल हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत सोलन ज़िले के धर्मपुर में आज मुफ्त गैस कनेक्शन बांटे गए

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना और गृहिणी सुविधा योजना महिलाओं के लिए विशेष रूप से वरदान साबित हुई है उन्होंने कहा कि इन दोनों योजनाओं से महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी सहायता मिली है राजीव सैजल ने जन समस्याएं भी सुनीं और अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश दिए

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के मौके पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सेवा सप्ताह मनाया जाएगा उन्होंने कहा कि इस दौरान आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे इधर पार्टी उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने बताया कि सेवा कार्यक्रमों के लिए चारों संसदीय क्षेत्रों में प्रभारी व संयोजक नियुक्त किए गए हैं

इस दिन को अभियन्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्वेश्वरैया को आध्निक भारत के विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अभियंता दिवस पर लोगों विशेषकर अभियंताओं को बधाई दी है इंजीनियर दिवस के मौके पर शिमला में लोक निर्माण विभाग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया विभाग के इंजीनियर इन चीफ राजकुमार वर्मा ने इंजीनियर को समाज की रीढ़ बताया और कहा कि देश व प्रदेश की अधोसंरचना निर्माण में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस दौरान नई तकनीक की पहल के माध्यम से विभाग के कार्य में सुधार को लेकर चर्चा की गई बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन क्षेत्र के शिवालिक फॉसिल पार्क सुकेती को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं वे एशियाई विकास बैंक की टीम के साथ पार्क के निरीक्षण अवसर पर बोल रहे थे क्रिकेट मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन टी ट्वेंटी मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा

दोनों ही टीमों ने कल धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास किया विधिक साक्षरता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी ने आज धर्मशाला में लीगल काउंसलर्स अधिवक्ताओं और वॉलंटियर्स को विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्य प्रणाली से अवगत करवाया उन्होंने कहा कि संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्ति का समान अवसर प्रदान करता है